आज लोकसभा में यह जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि करीब सड़सठ एकड़ भूमि ट्रस्ट को हस्तांतरित की जाएगी प्रधानमंत्री ने कहा कि यह ट्रस्ट भगवान श्रीराम की जन्मस्थली पर राममंदिर के निर्माण और उससे संबंधित विषयों पर निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि अयोध्या मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ भूमि देने पर सहमत हो गई है प्रधानमंत्री ने उच्चतम न्यायालय के अयोध्या फैसले पर देशवासियों द्वारा दिखाई गई परिपक्वता की प्रशंसा की उन्होंने कहा कि भारत के लोगों ने लोकतांत्रिक प्रणाली और प्रक्रियाओं पर उल्लेखनीय विश्वास व्यक्त किया है प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास की नीति को लेकर आगे बढ़ रही है केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने श्री राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाने की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आज संसद में घोषणा पर उन्हें बधाई दी है श्री शाह ने कहा कि आज समूचे देश के लिए खुशी और गौरव का दिन है गृह मंत्री ने भारत की अटल आस्था के प्रतीक भगवान श्रीराम का मन्दिर बनाने की प्रतिबद्वता के लिए भी प्रधानमंत्री को बधाई दी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रीराम के जन्मस्थान पर मंदिर बनाने के लिये स्वायत्त ट्रस्ट बनाने के लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद दिया अपने ट्वीट संदेश में श्री योगी ने कहा कि श्रीराम जन्मग्रमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पूरी तरह स्वतंत्र एवं मंदिर निर्माण से सम्बन्धित सभी निर्णय लेने में सक्षम होगा उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार केन्द्र सरकार ने श्रीराम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाने की घोषणा की है इस ट्रस्ट में पन्द्रह ट्रस्टी होंगे जिनमें से एक हमेशा दलित समुदाय से होगा मन्दिर संबंधी सभी फैसलों के लिए ट्रस्ट पूरी तरह स्वतंत्र होगा प्रदेश सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय के तहत अयोध्या के रोनाही में सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ भूमि देने की घोषणा की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हई मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में फैसला लिया गया पिछले वर्ष नवम्बर में उच्चतम न्यायालय ने मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट के गठन के आदेश के साथ ही अयोध्या में सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ जमीन देने का भी आदेश दिया था मंत्रिमंडल की बैठक के बाद प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्वार्थनाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा ने लखनऊ में लोकभवन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने वक्फ बोर्ड को मरिजद निर्माण के लिए केंद्र सरकार को तीन स्थानों के विकल्प सुझाये थे केंद्र ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में जिला मुख्यालय से अठारह किलोमीटर की दूरी पर थाना रौनाही तहसील सोहावल के अंतर्गत गांव धन्नीप्र में भूमि का आवंटन किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत के पास रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और सरकार की नीतियों ने इस क्षेत्र में कारोबार को आसान बनाया है प्रधानमंत्री आज लखनऊ में ग्यारहवीं रक्षा प्रदर्शनी दो हजार बीस का उद्घाटन करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों की नीतियों के कारण राष्ट्र स्वतंत्रता के बाद रक्षा विनिर्माण और उत्पादन के क्षेत्र में अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाया और हथियारों का आयातक बनकर रह गया उन्होंने कहा कि वर्ष दो हजार चौदह के बाद रक्षा क्षेत्र में नीतियों में बदलाव किया गया और सुधारों का क्रम शुरू हआ प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने मेक इन इंडिया पर बल दिया उन्होंने कहा कि आज का हमारा मंत्र मेक इन इंडिया मेक फॉर इंडिया एंड फॉर वर्ल्ड है श्री मोदी ने रक्षा प्रदर्शनी को देश के युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर बताते हुए कहा कि इससे रोजगार के नए अवसर सुजित होंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि भविष्य में उत्तर प्रदेश रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में देश के बड़े केंद्रों में से एक होगा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई

मंत्रिमंडल का एक महत्वपूर्ण फैसला सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के विनियामक ढांचे के तहत लाने की मंजूरी है बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं से कहा कि देश में एक हजार पांच सौ चालिस सहकारी बैंक हैं और मंत्रिमंडल के फैसले से उनके कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही आयेगी चीन में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए वहां से वापस लौटे जनपद गोंडा के तेरह छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर मंधु गैरोला ने बताया कि एहतियात के तौर पर सभी तेरह छात्रों के स्वास्थ्य की जांच की गयी है उन्होंने कहा कि सभी छात्र स्वस्थ हैं